प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज विदिशा और जबलपुर में सभाओं को करेंगे संबोधित

चुनाव प्रचार प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिये चुनाव प्रचार कल शाम समाप्त हो जायेगा इससे पहले आज सभी राजनीतिक दलों के नेता अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव अभियान में जुटे हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज विदिशा और जबलपुर में सभाओं को सम्बोधित करेंगे विदिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की रैली को देखते हए सुरक्षा के पूख्ता इंतजाम किये गये हैं श्री मोदी दोपहर करीब साढे तीन बजे यहां पहंचेंगे वे शाम छह बजे जबलपुर में आयोजित जनसभा में शामिल होंगे केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी नें आगर मालवा जिले की सुसनेर मंदसौर जिले के श्यामगढ और नीमच के जीरण चुनाव सभा को संबोधित किया वहीं भाजपा की स्टार प्रचारक हेमामालिनी ने राजगढ़ जिले के माचलपुर पचोर होशंगाबाद जिले के सोहागपुर में जनसभा को संबोधित किया मुख्यमत्रीं शिवराज सिंह चौहान ने बैतुल जिले के मासौद आमला खरगोन जिले के मण्डलेश्वर मृण्डी देवास जिले के पंजापुर और बर्राठ सभायें कर पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया सचिन पायलटभी विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेगे उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी प्रदेश के दौरे पर हैं मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की पचासवीं कडी में कहा कि भारत का मूल प्राण राजनीति नही हैं और न ही राजशक्ति है देश का मूलप्राण समाज नीति और समाज शक्ति है राजनीति समाज के हजारों पहलुओं में से एक है समाज में राजनीति ही सब कुछ हो जाये यह स्वस्थ समाज के लिए अच्छा नहीं है भारत जैसे विशाल देश के उज्जवल भविष्य के लिए जनसामान्य की प्रतिभाओं और पुरुषार्थ को उचित स्थान मिले यह सबका सामुहिक दायित्व है श्री मोदी ने कहा कि समाज में बड़ा बदलाव लाने वाले युवा हैं उन्हें अभिव्यक्ति के लिए खुला वातावरण दें तो देश में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है उन्होंने कहा कि संविधान में अधिकार और कर्तव्यों के बारे में हमें विस्तार से बताया गया है यदि इन दोनो चीजों का तालमेल हो तो देश को और अधिक आगे ले जाया जा सकता है श्री मोदी ने कहा कि यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो हमारे अधिकारों की रक्षा अपने आप हो जायेगी

इससे वे अपने आप में कुछ समय बाद सुखद परिवर्तन महसूस करेंगे राज्यपाल कल ग्वालियर जिले के ग्राम अड्पुरा के शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को संबोधित कर रही थीं

राज्यपाल ने इस दौरान स्थानीय आदर्श आंगनबार्डी केन्द्र और प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को फल और टॉफियां वितरित कीं उन्होंने बच्चों से संवाद कर उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकारी भी हासिल की

ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर लॉग इन करें इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं

इस मौके पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों संभागायुक्तों एवं जिला कलेक्टर्स को इस बारे में निर्देश जारी किये गये हैं संविधान दिवस पर प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों और शिक्षण संस्थाओं में भारत के संविधान की उद्देशिका को पढ़कर सुनाया जायेगा इसके साथ ही शिक्षण संस्थाओं में संविधान के प्रति जागरूकता के लिये निबंध वाद विवाद प्रतियोगिता और भाषण के कार्यक्रम आयोजित होंगे इज्तिमा भोपाल में चल रहे इकहत्तरवें अंतर्राष्ट्रीय तब्लीगी इज्तिमे का अमन चैन की दुआ के साथ आज शाम समापन होगा तीन दिन तक चले इस धार्मिक समागम में उलेमाओं ने दीनों तकरीरों में लोगों से मुल्क की तरक्की खुशहाली और अमन के लिए मिलजुलकर काम करने का अहद दिलाया इस समागम में बांग्लादेश इण्डोनेशिया मलेशिया श्रीलंका आस्ट्रेलिया कनाडा समेत देश विदेश की एक हजार दो सौ से अधिक जमाते शामिल हुई

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कौल ने बताया कि स्टार प्रचारक के विमान और हेलीकॉप्टर यात्रा व्यय पर हुए खर्चे को अभ्यर्थी के खाते में जोड़ा जायेगा

उन्होंने बताया कि कोई भी राजनैतिक नेता दलीय प्रचार से हटकर किसी अभ्यर्थी के पक्ष में प्रचार प्रसार करता है तब उस कार्यक्रम पर किया गया खर्च भी उम्मीदवार के खाते में शामिल किया जायेगा दलों और आयोजकों के द्वारा किये जाने वाले कार्यक्रम सुरक्षा प्रबंध को ध्यान में रखते हए सरकारी एजेन्सियों द्वारा बैरीकेट या मंच इत्यादि का निर्माण किया जाता है यह खर्च भी उस निर्वाचन क्षेत्र से लड़ रहे उम्मीदवार के खाते में जुड़ेगा यदि उस कार्यक्रम में अन्य क्षेत्र के अभ्यर्थी भी सम्मिलित होते हैं तो उनका व्यय भार समान रूप में बांटा जायेगा

इनमें से दो फिल्में भारत की हैं भारतीय फिल्मों में एक तमिल फिल्म बाराम है जबकि दूसरी लद्दाखी फिल्म है जिसका नाम है वॉकिंग विद द विंड

उन्होंने शो जंपिंग टॉप स्कोर तथा शो जंपिंग मीडियम ग्रेड इवेंट में डेमोक्रेट घोड़े पर शानदार प्रदर्शन करते हुए यह पदक अर्जित किये हैं

खेल संचालक डॉ एसएल थाउसेन ने उनके श्रेष्ठ प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज विदिशा और जबलपुर में सभाओं को करेंगे संबोधित